राज्य में कल से शर्तो के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल होटल रेस्टोरेंट और मॉल भी होंगे शुरू देवास धार मण्डला सहित सात जिलों के कलेक्टर बदले

अमिताभकांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना उपभोक्ता केन्द्रित सेवा और लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है इस योजना से बिना किसी लागत के ज़ीरो बैलेन्स से खाता खोलना संभव हुआ है

उन्होंने कहा कि देश के आकांक्षी जिलों में यह योजना विशेष रूप से सहायक रही है

नीति आयोग और माइक्रो सेव कनसल्टिंग ने इसका आयोजन किया था मुख्यमंत्री कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट निरंतर बढ़ रही है

कल मंत्रालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौहान ने प्रदेश में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या नौ हजार से ज्यादा हो गई है वहीं इनमें से छह हजार एक सौ आठ लोग स्वस्थ्य होकर घर लौट चुके हैं सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सत्ताईस नये मरीजों के मिलने से जिले में संक्रमितों की संख्या तीन हजार सात सौ उनचास हो गई है

जिले में अब तक दो हजार तीन सौ नब्बे लोग कोरोना को हरा चुके हैं

वहीं चालीस लोगों को स्वस्थ्य होने पर अस्पताल से छटटी दी गई

जिले में अब तक पांच सौ उन्यासी लोग कोरोना को हरा चुके हैं

उधर जबलपुर में दो और व्यक्तियों के स्वस्थ होने के साथ ही जिले में कोरोना को हराने वाले लोगों का आंकड़ा दो सौ हो गया है

उधर खरगौन में आठ नये मरीजों को पता चला है इनमें खरगौन शहर के पांच गोगांवा के दो और सनावद का एक व्यक्ति शामिल है सागर में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन संचालक छबि भरद्वाज और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक डाक्टर जे विजय कुमार ने कल कोरोना नियंत्रण कक्ष का मुआयना किया नीमच से राहत भरी खबर मिली है जहां छत्तीस लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है चार कोविड केयर सेण्टरों से इन्हें छुट्टी दी गई अब तक जिले में एक सौ छियान्नवे लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं गुना में भी कल तीन कोरोना संकमितों के स्वस्थ होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया गया

राज्य में सोमवार से धार्मिक स्थल होटल रेस्टोरेंट और मॉल कुछ शर्तों के साथ खोले जायेंगे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में नई व्यवस्था के अनुसार मंदिर जाने के इच्छुक भक्तों को अपना नाम एडवांस में दर्ज कराना होगा केन्द्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार महाकाल मंदिर सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक खुला रहेगा सतना जिले के मैहर स्थित शारदा माता का मंदिर और दतिया स्थित पीतांबरा पीठ भी कल से खुलेंगे जिले निवाड़ी से हमारे संवाददाता विवेक दांगी ने बताया है कि कल से जिले के ओरछा में स्थित राम राजा मंदिर के पट खुल जायेंगे हालाकि श्रद्दालुओं को ऑनलाइन टिकिट लेकर दर्शन की अनुमति होगी शिवपुरी में कल एसडीएम ने धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा और प्रार्थना के निर्देश दिये आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके मुताबिक उन्हें ग्राहकों की जानकारी जैसे नाम पता और मोबाइल नंबर का रिकार्ड रखना होगा फेरबदल राज्य सरकार ने मंडला कलेक्टर जगदीश चंद्र जटिया सहित देवास धार नरसिंहपुर रीवा सिंगरौली और आगर मालवा के कलेक्टरों को बदल दिया है इनके अलावा भोपाल नगर निगम आयुक्त बी विजय दत्ता और इंदौर कमिश्नर आकाश त्रिपाठी का भी तबादला कर दिया गया है श्री दत्ता की जगह सिंगरौली कलेक्टर वीएस चौधरी कोलसानी को निगम आयुक्त और श्री त्रिपाठी की जगह नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण इंदौर के आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा को नया कमिश्नर बनाया गया है वहीं आकाश त्रिपाठी को को मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी का एमडी बना दिया गया है आलोक कुमार सिंह धार इलैयाराजा टी को रीवा वेदप्रकाश को नरसिंहपुर अनिल कुमार खरे को मंडला चंद्रमौली शुक्ला को देवास और अवधेश कुमार शर्मा को आगरमालवा का कलेक्टर नियुक्त किया गया है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

इस दौरान उन्होंने स्वदेशी उत्पाद का उपयोग करने की अपील की